धान खरीदी प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज से शुरू हो गई है धान खरीदी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की सहकारी समिति औंधी फुण्डा और जामगांव पहुंचे उन्होंने खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया और किसानों तथा मजदूरों से बातचीत की मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधाओं का सरकार पूरा ध्यान रखेगी मुख्यमंत्री ने एक किसान का धान खुद तौलकर धान खरीदी अभियान की शुरूआत की वहीं उन्होंने धान की गुणवत्ता भी परखी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को धान खरीदी के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जाए प्रदेश में आज से मक्का खरीदी का कार्य भी शुरू हो गया है जो अगले साल इकतीस मई तक चलेगा भाजपा वादा निभाओ आंदोलन इस बीच धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज से प्रदेश में वादा निभाओ आंदोलन छेड़ दिया है आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी केंद्रों पर प्रदर्शन किया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर जिले के नगपुरा गांव पहुंचे और आंदोलन में भाग लिया इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों से ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था अब राज्य सरकार इससे मुकर रही है उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को लेकर जनता में आक्रोश है सारकेग्डा मुढभेड़ बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में आज से नौ साल पहले हुई कथित पुलिस माओवादी मुठभेड़ की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मारे गए लोगों के माओवादी होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं और गांव वालों की ओर से गोलीबारी नहीं की गई थी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीके अग्रवाल की अध्यक्षता वाले आयोग ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा लगता है कि सुरक्षा बलों ने हड़बड़ाहट में फायरिंग की अटहत्तर पन्नों की इस रिपोर्ट में आयोग ने मुठभेड़ में शामिल सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के जवानों पर सवाल खड़ा किए हैं आयोग ने कहा है कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने सारकेगुड़ा में बैठक कर रहे ग्रामीणों पर एकतरफा हमला किया था इस हमले में आदिवासी मारे गए थे आयोग ने कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट से यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि मारे गए लोगों या घायलों में कोई माओवादी था गौरतलब है कि वर्ष दो हजार बारह में अट्ठाईस उनतीस जून की दरमियानी रात को हुई इस कथित मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने सत्रह माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था और उनके शव भी बरामद किए थे पेंशन योजना केन्द्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एक करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत करने का अभियान शुरू किया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कल नई दिल्ली में यह अभियान शुरू किया उन्होंने कहा कि व्यापारियों और स्वरोजगार शुरू करने वालों के लिए शुरू की गई दोनों योजनाएं सरल और बाधारहित हैं इनमें पंजीकरण के लिए आधार कार्ड बचत बैंक खाता या जन धन खाते की जरूरत होगी

यह एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाले एक्वायर्ड इम्युनो डिफिशियेन्सी सिन्ड्रॉम एड्स के प्रति जागरुकता बढ़ाने और इसके खात्मे के लिये एकजुटता व्यक्त करने का दिन है यह एड्स से ग्रस्त लोगों के प्रति सहयोग और समर्थन का अवसर भी प्रदान करता है इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस इस मौके पर प्रदेश में भी अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए मुंगेली कोरबा सहित विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैली निकाली गई इस बीच आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता विद्या राजपूत को नेशनल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया उन्हें यह पुरस्कार समुदाय के अंदर एचआईवी एड्स जागरूकता और समुदाय के सशक्तिकरण के लिए प्रदान किया गया बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार संविधान दिवस पर केंद्रित रहेगा किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान कितना जरूरी और महत्वपूर्ण होता है भारतीय संविधान के मुख्य तत्व क्या है यह सब जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शशांक शर्मा से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

इसके लिए केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं आज केंद्रीय सचिव दीपक खाड़ेकर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह स्कीम में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि के तहत राज्य में हुए कार्यो की समीक्षा की बैठक में उन्होंने वन अधिकार मान्यता पत्र के निरस्त व्यक्तिगत दायों पर पुर्नविचार करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा

इस अवसर पर प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले छब्बीस विद्यार्थियों को स्वर्ण और पच्चीस विद्यार्थियों को रजत पदक प्रदान किए गए वहीं तैंतालीस शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई कार्यक्रम में एक हजार से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं आदिवासी नृत्य महोत्सव प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों जिला स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज जशपुर में कांसाबेल विकासखंड के गम्हरिया गांव में आयोजित महोत्सव में जय माता दी करमा नर्तक दल ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया और स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया दो दिवसीय इस महोत्सव का आज रंगारंग समापन हुआ इस कार्यक्रम में चौबीस नर्तक दलों ने भाग लिया वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में हुए महोत्सव में उन्नीस नर्तक दलों ने हिस्सा लिया इस दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न नृत्य विधाओं में आकर्षक प्रस्तुति दी एकलव्य खेल प्रतियोगिता प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता राजधानी रायपुर में कल से शुरू होगी तीन दिवसीय इस स्पर्धा में करीब एक हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी पांच संभागों के विद्यार्थी शामिल होंगे स्पर्धा दो वर्गो में खेली जाएगी जिसमें सोलह खेलों के मुकाबले होंगे राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब चार सौ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा यह स्पर्धा नौ से तेरह दिसम्बर तक भोपाल में होगी दुर्घटना बलरामपुर जिले में आज एक तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से मां बेटे की मौत हो गई वहीं छह अन्य लोग घायल हो गए हैं यह हादसा राजपुर के पास हुआ वाहन में सवार सभी लोग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे गंभीर रूप से घायल चार लोगों को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं शराब जब्त बिलासपुर जिला आबकारी विभाग ने पेण्ड्रा मरवाही क्षेत्र से ग्यारह पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है जिला आबकारी सहायक आयुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि पेण्ड्रा क्षेत्र के दानीकृण्डी गांव से एक घर से मध्यप्रदेश से लाई गई अवैध शराब बरामद की है इस मामले में विभाग ने मकान मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है

मौके से चार हथियार बरामद किए गए हैं

यह माओवादी चेतना नाट्य मंडली की सदस्य बताई जा रही है और पिछले छह वर्षो से माओवादी संगठन से जुड़ी हई थी

इसके लिए अब दस दिसम्बर तक आवेदन किये जा सकते हैं रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया